उतर प्रदेश के सभी सीटों पर नतीजे घोषित कर दिए गए हैं

सोलहवीं लोकसभा को भंग करने की सिफारिश करने पर विचार करने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज शाम हो रही है कैबिनेट की बैठक में लोकसभा भंग करने का प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लोकसभा को भंग करेंगे

राज्य की पांच लोकसभा सीटों में से नैनीताल गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों ने तीन लाख से अधिक के मतों के अंतर से विजय हासिल की जबकि हरिद्वार और अल्मोड़ा सीटों पर जीत का अंतर दो लाख से अधिक मतों का रहा

गढ़वाल सीट से भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तीरथ सिंह रावत विजयी घोषित हुए हैं

इस सीट से बहुजन समाज पार्टी के डॉ अंतरिक्ष सैनी तीसरे स्थान पर रहे

स्लग भाजपा जश्न प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर परचम लहराने के बाद भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डुबे हैं टिहरी लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह की जीत की हैट्रिक से उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने देहरादून में विजय जूलूस निकाला जूलूस में सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह राज्य मंत्री धनसिंह रावत मेयर सुनील उनियाल गामा के साथ ही विधायकों ने शिकरत की वहीं हरिद्वार सीट से जीते भाजपा उम्मीदवार रमेश पोखरियाल निशंक का जीत के बाद देहरादून पहंचने पर भव्य स्वागत किया गया बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर बधाई देने पहंचे श्री निशंक ने सबका आभार जताया मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए हरिद्वार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर मोहर लगाने काम किया है स्लग मुख्यमंत्री चुनाव प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की पांचों लोकसभा सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से विजय दिलाने के लिए राज्य की जनता पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है देहरादून में चुनाव नतीजों पर खुशी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने पिछले पांच वर्षो में मोदी सरकार की उपलब्धियों पर मोहर लगाई उन्होंने कहा कि इस चुनाव में जातिवाद की हार और राष्ट्रवाद और विकासवाद की जीत हुई मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने मोदी सरकार द्वारा गरीबों किसानों महिलाओं और युवाओं की भलाई के लिए लागू की गई योजनाओं के समर्थन में पार्टी को भारी बहुमत से जीत दिलाई है

उत्तराखंड में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे प्रीतम सिंह ने कहा है कि वे जनादेश स्वीकार करते हैं और इस पर आगे चिंतन मंथन किया जाएगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी राज्यसभा सांसद और अल्मोड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप टम्टा ने भी हार मानते हुए बीजेपी प्रत्याशियों को जीत की बधाई दी उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा की जायेगी और विचार विमर्श कर कांग्रेस को मजबूत बनाने और जीत दिलाने के लिए रणनीति बनायी जायेगी

जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कृषि उद्यान सहकारिता ग्राम विकास विभाग और जनपद स्तरीय अधिकारियों को एक एक कलस्टर का खुद सर्वे कर कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देष दिये हैं जिलाधिकारी ने कहा कि जिन अधिकारियों को एक एक कलस्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है वे अपने अपने कलस्टर में बागवानी और काश्तकारी के लिए गांवों की मिट्टी की जांच कराएं उन्होंने काश्तकारों को कृषि उद्यान सब्जी उत्पादन फल संरक्षण पॉली हाउस के साथ ही ऑर्गेनिक खेती करने की जानकारियां देने और उनके सुझाव लेने के निर्देश भी दिये स्लग प्रधानाचार्य बैठक रुद्रप्रयाग जिले के शासकीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर सुधारने के लिए जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की बैठक में जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्यों से ऐसी कार्ययोजना तैयार करने और शिक्षकों को दायित्व सौंपने को कहा जिससे बच्चों का सर्वागीण विकास हो सके जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्यों को नवीन संसाधनों का प्रयोग कर विषयवस्तु को सरल बनाने शिक्षा के स्तर को सुधारने समय तकनीक के साथ बदलने और आम लोगों का सरकारी स्कूलों के प्रति विश्वास बहाल करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि जब तक प्रधानाचार्य अपना पूरा ध्यान विद्यालयों पर नहीं देंगे तब तक शिक्षा का स्तर सुधारना मुश्किल है

राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने टी ऑफ शॉट खेलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गोल्फ को बढ़ावा देने के लिए इण्डियन गोल्फ एसोसिएशन और उत्तराखण्ड गोल्फ संघ मिलकर प्रयास कर रहे हैं

उन्होंने कहा कि गोल्फ पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी मददगार साबित हो रहा है इस दूर्नामेंट का आयोजन नैनीताल सहित पूरे प्रदेश की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पर्यटक स्थल के रूप में पहचान स्थापित करने में मददगार होगा राज्यपाल ने बताया कि गोल्फ मे रूचि रखने वाले स्कूली बच्चों के लिए इण्टर स्कूल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है

तीन दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का समापन रविवार को होगा

तेज हवाएं चलने के कारण जंगल में आग तेजी से फैली है ग्रामीणों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा सका हालांकि आज हुई बारिश से आग बुझने की उम्मीद बंधी है

प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश होने से गर्मी से राहत मिली है देहरादून जिले के कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई साथ ही ध्रप छांव का खेल भी चलता रहा चमोली पौड़ी टिहरी बागेश्वर अल्मोड़ा समेत कुछ अन्य जिलों में भी कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश हुई जिससे जंगलों में लगी आग भी शांत हुई है उधर चंपावत में बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई